कोविड महामारी से देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आज कहा कि हमें खादय सब्जी फल और मत्स्यपालन सहित कृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना है उन्होंने कहा कि आधुनिक भंडारण सुविधाएं किसानों को उनके गांवों के पास उपलब्ध होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि यह समय की जरूरत है कि किसानों की उपज को बाजार में अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों

आज सदन की कार्यवाही राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण से शुरू हई

अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने राज्य सरकार के विजन को सदन के पटल पर रखा अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि राज्य में निवेश को आकर्षित करने और उद्योगों में अनुकूल वातावरण का सृजन करना सरकार की प्राथमिकताओं में है उन्होंने कहा कि सुक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम नीति से क्षेत्र के विकास के लिए आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ साथ ईको सिस्टम विकसित किया गया है

कंभ मेले के निर्माण कार्य जल्द प्रे होंगे बजट सत्र में कल और परसो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी

दस हजार सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन मुफ्त लगायी जाएगी जबकि करीब बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा निजी अस्पताल कोविड वैक्सीन के लिए दौ सौ पचास रुपये प्रति टीका ले सकते हैं एक मोबाइल नम्बर से क्ल चार लाभार्थियों का ही पंजीकरण हो सकता है ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अपने फोटो पहचान पत्र का भी प्रयोग करना होगा इसके बाद लोग टीकाकरण के लिए अपने नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र का चुनाव अपने समय के अन्सार कर सकते हैं टीकाकरण के समय और केंद्र की प्ष्टि मोबाइल नम्बर पर एस एम एस के माध्यम से की जायेगी

पीएम वैक्सीनेशन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड टीकाकरण के द्रसरे चरण की श्रूआत करते हुए आज स्बह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आय्र्विज्ञान संस्थान एम्स जाकर कोरोना वायरस के टीके की पहली ख्राक ली उन्होंने राष्ट्र को कोविड म्क्त बनाने के लिए लोगों से अपील की कि वे इस टीके को अवश्य लगवाएं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने भी आज कोविड का टीका लगवाया वैक्सीनेशन प्रदेशभर में आज कोविड टीकाकरण के नये चरण के तहत लोगों को वैक्सीन लगाई गई

उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन प्री तरह से स्रक्षित है उन्होंने सभी पात्र लोगों से निर्धारित समय में टीका लगवाने की अपील की

पहले दिन जिला चिकित्सालय साम्दायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ और नौगांव में टीके लगाये गए

म्ख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ डीपी जोशी ने बताया कि इस बार कोविन पोर्टल में बदलाव होने के कारण टीका लगवाने के लिए केंद्रों में जाकर भी पंजीकरण करवाया जा सकता है पहले पंजीकरण करने वालों को पहले टीका लगाया जाएगा रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में टीकाकरण का श्भारंभ किया गया

उन्होंने बताया कि सप्ताह में ब्धवार शनिवार और रविवार को छोड़ शेष चार दिनों में टीकाकरण किया जाएगा सोडियम लाइट हल्दवानी शहर सोडियम लाइटों की रोशनी में जगमगायेगा

इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सोडियम लाइट लगने से बिजली के बिलों में कमी आयेगी

उन्होंने बताया कि यह काम दो से तीन महीने के अंदर पुरा कर लिया जाएगा अब संक्षिप्त समाचार प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का चौथा संस्करण इसी महीने आयोजित किया जाएगा वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आगामी परीक्षाओं के सिलसिले में स्कूल के छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे

बागेश्वर में विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया इसमें बाल वैज्ञानिकों ने विज्ञान के चमत्कार को देखा और सीखा कार्यशाला में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने बढ़चढ़कर भाग लिया विज्ञान विषय को और रुचिकर बनाने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई बागेश्वर में हई छात्रों के लिए संवेदीकरण कार्यशाला के माध्यम से तंबाकू से होने वाले न्कसान के बारे में बताया गया